श्री मोदी ने नौ सुत्रीय कार्यसुची प्रस्तुत करते हुए कहा कि मगोरे आर्थिक अपरावियों के दृष्क्र से पूरी तरह कशलता से निपटने के लिए सशक्त और सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है प्रघानमंत्री ने विमिन्न देशों के सीमापार से संगठित अपराध रोकथाम संधि को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के वास्ते सदस्य देशों से मिलकर प्रयास करते हुए एक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया श्री मोदी ने फिर कहा कि जी ट्वन्टी मंच को आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने का काम शुरू करने पर विचार करना चाहिए ताकि उनसे बकाया कर की राशि यसली जा सके प्रधानमंत्री ने आर्थिक नीतियां तैयार करते समय जनता पहले अक्वारणा की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि इससे लोगों के दैनिक जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रमाव होगा श्री मोदी ने रचनात्मक कार्यों और महिला सशक्तिकरण के भविष्य से संबंधित नया दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान भी किया ले में भे भ प्रिक्स के सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आस्वान किया है

बैठक के बाद जारी संयक्त वक्तव्य में कहा गया है कि ब्रिक्स देशों ने लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों की निंदा की है बैठक को संबोधित करते हुए प्रवानमंत्री मोदी ने कहा हमने सभी देखों से एफएटीएफ मानको के कार्यान्ययन का आग्रह किया है आतंकवादियों के नेटवर्क उनकी फाइनैनसिंग और उनकी आवाजाही को रोकने के लिए संयक्त राष्ट्र के काउन्टर टैपोरिजम फ्रेम्बर को मजबत करने हेत ब्रिक्स और जी टवेंटी देशों को साथ मिलकर काम करना होगा आर्थिक अपराधिर्या और भगौड़ों के विरुद्ध हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है यह समस्या विश्व की आर्थिक स्थिता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है ब्रिक्स देशों ने विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्घारित नियम आवारित बहुफ्कीय व्यापार व्यवस्था के लिए पूर्ण सम्थन दोहराया इस व्यवस्था से पारदर्शी भेदभाव रहित खुला और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित किया जाना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रषि प्रौद्योगिकी और व्यापार मेले दो हजार अट्ठारह का उद्घाटन किया इस अक्सर पर राष्ट्रपति ने कहा चार दिन के इस मेलेका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई ने किया है इस वर्ष मेले का विषय है कृषि में प्रौद्योगिकीरू किसानों की आय बढ़ाना ब्रिटेन मेले का साझीदार देश है कनाडा और चीन विशेष आमंत्रित देशों में है से में भारत के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज नगालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामागांव में उन्नीसवें हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे राज्य पर्यटन विमाग के अपर निदेशक अखाले विजोल ने बताया कि नगालैंड के राज्यपाल पीवी आवार्य समारोह के मुख्य अतिथि होंगे जबकि भारत में अमरीका के राजदूत केनथ आई जस्टर सम्मानित अतिथि होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सुवना तथा प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस अक्सर पर राज्य की जनता को बघाई दी है एक ट्वीट में श्री कोविंद ने राज्य के उज्जवल समृद्ध और शांतिपूर्ण मविष्य के लिए शमकामनाएं दी उन्होंने कहा कि दो हजार सत्रहमें आज ही के दिन उन्होंने नगालैष्ड में हॉनंबिल उत्सव का उदघाटन किया था एक टवीट में श्री मोदी ने कामना की कि नगालैण्ड विकास की नई ऊंचाइयों को छए और राज्य की जनता की मनोकामनाएं पूरी हों कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आशा व्यक्त की कि यह सुन्दर राज्य आने वाले समय में विकास और समृद्धि के पथ पर चलता रहेगा

मेरठ जिले में भाजपा पदयात्रा दक्षिण विधानसभा से भाजपा विधायक डॉ सोमेंद्र तोमर ने किया जिसमें वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी और महिला मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया प्रतापगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की गांव गांव पांव पांव यात्रा की सुरुआत हुई पट्टी विधान समा में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने हरी झंडी दिखाकर पद यात्रा को किया रवाना मऊ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से पन्द्रह दिसम्बर तक चलने वाली पद यात्रा का श्रभारम्म जनपद की समी विधान समाओं में किया गया कशीनगर जिले में भाजपा की आज से शुरू हई पदयात्रा में पूर्व केन्द्रीय मंत्री व देवरिया के सांसद कलराज मिश्र क्शीनगर के सांसद राजेश पांडेय व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाग लिया महराजगंज जिले में विघायक बजरंग बहादर सिंह के नेतत्व में कमल पद यात्रा निकाली गयी गोरखपुर सहित प्रदेश के अन्य जिले में भी भाजपा पद यात्रा निकाली गयी